केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इन अस्पतालों में टीका लगवाने वाले व्यक्ति को ये शुल्क देना होगा

उन्होंने बताया कि निजी अस्पतालों को कोविड वैक्सीन सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी जाएगी और अन्य सभी टीकाकरण सम्बन्धी व्यवस्थाये निजी अस्पताल की रहेगी

गंभीर बीमार लोगों को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिश्नर्स को स्तर से जारी चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है इन लोगों को टीकाकरण केन्द्र पर भी पंजीकरण कराने की सुविधा उपलब्ध होगी

आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि कोविड टीकाकरण के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को प्राथमिकता सूची में रखा गया है

कल राज्य में वैक्सिनेशन का कार्य नहीं हुआ कल से शुरू होने वाले चरण के लिए राज्य में तैयारिया की जा रही हैं इसी वजह से आज भी टीकाकरण नहीं होगा

आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा

मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू द्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा आकाशवाणी से हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा

श्री गोयल ने घोषणा की कि जहां भी खिलौना क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है वहीं भारतीय मानक ब्यूरो उत्पादों की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना करेगा

इस दिवस का उद्देश्य विज्ञान के महत्व और मानव जीवन में इसके उपयोग का संदेश देना है

एमेजोनिया वन राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का ऑप्टिकल अर्थ ऑबर्जवेशन उपग्रह है यह उपग्रह अमेजन क्षेत्र में वनों की निगरानी के मौजूद ढांचे को मजबूत करेगा और ब्राजील की कृषि विविधता का विश्लेषण करेगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन खिलाड़ियों की राजकीय सेवा में नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है